एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बडा स्वास्थ देखमाल कार्यक्रम बन गया है उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सबसे बडी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है पीयूष गोयल रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे पहली जून से हर रोज दो सौ गैर वातानुकलित रेलगाड़ियां चलाएगा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण कर उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विकास कार्यो को शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है

मारकंडा ने कहा कि सरचू और प्लामों में चैक पोस्ट लगाकर लेह से आने वाले लोगों को लाहौल घाटी में नहीं रोका जाना चाहिए कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गई है

कांगडा के उपायक्त राकेश कमार प्रजापति ने बताया कि जिले में आए सभी कोरोना संक्रमित लोग मुंबई से लौटे हैं और इन्हें परौर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था उन्होंने कहा कि इनमें धर्मशाला उपमंडल के झियोल से तीन जयसिंहपुर के सरीमोलग व लंबागांव से पांच जबकि ज्वालामुखी बैजनाथ और पालमपुर उपमंडल से एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल है

कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है इसी तरह ऊना जिला के कोटला खुर्द गांव से भी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

विभिन्न उपायुक्तों ने कर्फ्यू ढील का समय जिलावार निर्घारित किया है

सोलन जिले में सैलून और व्यूटी पार्लर सप्ताह में तीन दिन रविवार बुधवार और शुकवार को खुले रहेंगे सैलून संचालकों को दो गर्ज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा और सैलून में कार्य करते समय नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं हमीरपुर जिले में दुकाने सुबह आठ बजे से दोपहर बाद चार बजे तक खुली रहेंगी

आत्मनिर्मर भारत आत्म निर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश में फंसे बाहरी राज्यों के प्रवासी मज़दूरों के लिए मई और जून माह के दौरान पांच किलो चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार मुफत में प्रदान किया जाएगा कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरोँ से योजना के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उचित मूल्यों की दुकान या संबंधित पंचायत से संपर्क करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र जमा करवाने के बाद प्रवासी मजदूरों को निशुल्क राशन दिया जाएगा हैडगेवार समिति डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति शिमला ने आज आईजीएमसी अस्पताल को ओटो थर्मल स्केनिंग मशीन भेंट की इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत कार्यवाह किस्मत कुमार ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता प्रदेश में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान व विभिन्न सेवा कार्य चला रहे हैं